प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में किया गया निर्णय

प्रदेश में कोविड उन्नीस के चार सौ तिरानवे नये मामले दर्ज किये गये

रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस कमी का पूर्वानुमान बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज देश में कोविड उन्नीस की रिथति तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की रिथति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया देश के औषधि महानियंत्रक ने दो टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्निम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी इसके बाद पचास वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा इनकी संख्या लगभग सत्ताईस करोड़ है बैठक में प्रधानमंत्री को को विन वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बताया गया इस पर अभी तक उनासी लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं टीकाकरण कर्मियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी निर्धारण हो चुका है कुल दो हजार तीन सौ साठ लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है इसके अलावा इकसठ हजार से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधन दो लाख टीकाकरण कर्मी तथा तीन लाख सत्तर हजार अन्य कर्मियों को राज्य जिला और खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्यारह जनवरी को देशभर के विभिन्न राज्यों के मूख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद करेंगे श्री मोदी इस दौरान देशभर में कोविड महामारी की स्थिति और कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियों पर विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित दो कोविड उन्नीस टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही

आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली बाइट अब दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था गौरव हो आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इन्फ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा रहे हैं

लाखों करोड़ो रुपये जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे वो आज सीघे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं आपने देखा होगा भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी पूरी पूरी प्रशंसा की है आध्रनिक टैक्नोलॉजी से गरीब से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे बाइट इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सिखा है वहीं अव आत्मनिर्मर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है हमारे यहां कहा गया है शत हस्त समाहा शत हस्त समाहा सहस्त्र हस्त संकीरह यानी सैकड़ों हाथों से अर्जन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटों भारत की आत्मनिर्मरता के पीछे का भाव भी यही है करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे जो सॉल्यूशन्स भारत में तैयार होंगे उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा दुनिया इस बात को कमी नहीं भूल सकती है कि जब वाई दू के समय भारत की भूमिका क्या रही भारत ने किस तरह से दुनिया को चिंता मुक्त किया था इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है राज्य सरकार ने मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया है इसे लेकर शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है पत्र में आग्रह किया गया है कि सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों विद्यालयों कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में शिक्षक तथा छात्र छात्राओं की कोरोना जांच रैंडम आधार पर कराई जाए विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिस स्कूल में एक भी संक्रमित पाया जायेगा उसे तत्काल बंद कर दिया जायेगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ तिरानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ तैंतीस मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं वहीं रोहतास से उन्नीस बेगूसराय गोपालगंज और वैशाली से सत्रह सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं चार हजार पांच सौ तैंतालीस लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव चार एक प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में उन्नीस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक करोड चौवन हजार से अधिक हो गई है फिलहाल देश में लगभग दो लाख चौबीस हजार सक्रिय मामले हैं जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी की आज पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की गयी पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की बैठक में मूख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे इसमें जनता दल यूनाईटेड के संगठनात्मक स्वरूप पर चर्चा की गयी इसके अलावा विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों की भी समीक्षा हुई भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आज से राजगीर में शुरू हो गया है इसका उद्घाटन पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने किया इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भाजपा के बिहार मामलों के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी पूर्व केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह संगठन मंत्री नागेन्द्र जी सहित कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं इस शिविर के माध्यम से पार्टी अपने सारे कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी दे रही है इसका मकसद कार्यकर्ताओं के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना है विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए आगे आकर काम करने की अपील की है सभाध्यक्ष ने कहा कि कला संस्कृति से लेकर पर्यटन हर मामले में राज्य का गौरवशाली अतीत रहा है और इसके पास विरासत का खजाना है श्री सिन्हा ने आज पटना में विधान सभा की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक में मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में यह बात कही उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही बिहार के गौरव को फिर से स्थापित किया जा सकता है और राज्य के हर मामले में शिखर पर जाने की अपार संभावनाएं हैं विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार अभियान के लिए जिलास्तर पर विधायकों के साथ मिलकर काम किया जायेगा उन्होंने वोकल फोर लोकल का उल्लेख करते हुए बिहार के खान पान और लोक संस्कृति की ब्रांडिंग करने पर भी जोर दिया दरभंगा पुलिस ने पांच करोड़ रुपये मूल्य के सोना लूट कांड में ग्यारह अपराधियों को गिरफ्तार कर अब तक लगभग डेढ़ किलो सोना और इकतीस लाख रुपये नकद जब्त किये हैं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में दो लोग महाराष्ट्र के शोलापुर और सांगली जिले के निवासी है इन लोगों ने दरभंगा के बड़ा बाजार में हुए लूट का सोना खरीदा था एस एस पी ने बताया कि सोना लूट कांड का मुख्य सरगना विकास झा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और इसे अद्यतन करने के लिए कल विशेष शिविर का आयोजन होगा पहली जनवरी दो हजार इक्कीस को अठारह वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे साथ ही कैंप में नाम हटाने और नाम तथा पता में संशोधन के लिये भी आवेदन लिये जायेंगे प्रदेशभर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार प्रति चक्रवात के कारण तापमान सामान्य से अधिक है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले चौबीस घंटों तक स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं होगा उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव के बढ़ने पर ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है

इसके साथ ही बिहार पुलिस को एक सौ उन्नीस नये अधिकारी मिल गये हैं कोविड काल में इंडिया पोस्ट की बैंकिंग और अन्य सेवाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए शेखपुरा जिले में आज विभिन्न डाक कर्मियों को सम्मानित किया गया नालंदा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गयी शेखपुरा जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत चार सौ गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गयी मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग ने एक ट्रक विदेशी शराब जब्त किया है जब्त शराब की कीमत पन्द्रह लाख से अधिक बतायी जाती है खगड़िया जिले के परमानंदपूर के पास पूलिस और पटना के एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुंगेर जिले के एक तस्कर को पांच पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में किया गया निर्णय

प्रदेश में कोविड उन्नीस के चार सौ तिरानवे नये मामले दर्ज किये गये

रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस कमी का पूर्वानुमान